प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सभी के लिए घर का सपना साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी जिससे करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पंख लगेंगे एक ट्वीट मं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने चार साल पहले देश में शहरी परिदृश्य के परिवर्तन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की थी जिनमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत शामिल हैं उन्होंने कहा कि इनसे न केवल शहरी विकास के नए दौर में प्रवेश करने में मदद मिली है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का प्रदश में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है

केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली से आज वीडियो काफेंसिंग के माध्यम से लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में दो हजार बाइस तक चौदह लाख बीस हजार आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए वर्ष वार रोड मैप तैयार कर लिया गया है उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह में कुल तीन लाख सैतालीस हजार एक सौ छियालीस आवासों की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए दी गयी थी वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में सात लाख पचास हजार से अधिक आवास स्वीकृत हुए थे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए बैंकों से धनराशि जुटाने के प्रस्ताव सहित छह प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बैठक के बाद संयुक्त रूप से संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए बारह हजार करोड़ रूपये की जरूरत है सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सिविल कार्यो के लिए तीन हजार करोड़ रूपये के बैंक कर्ज को मंजूरी दी है बैंक ऑफ बडौदा और विजया बैंक के विलय हो जाने से दो हजार करोड़ रूपये का लोन लेने के लिए अलग डाक्यूमेंट प्रकिया बनाने पर सहमति दी गयी बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि सीधे राज्य स्तर से लाभार्थियों के खाते में भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी इसके साथ ही सरकारी प्रिंटिंग का काम निजी क्षेत्र की एजेंसी को देने और प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में कांफेंस हाल के निर्माण हेतु पैतालीस करोड़ निन्यानन्बे लाख अट्ठासी हजार रूपये की मंजूरी दी इसके अलावा परिसर में मल्टी लेबल पार्किंग इत्यादि कार्य के लिए पांच सौ छत्तीस करोड़ रूपये की भी स्वीकृति प्रदान की गयी

श्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह और देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे श्री मोदी ने विश्वास ज़ाहिर किया है कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विचारों के व्यापक आदान प्रदान की आशा है उन्होंने इंस्टाग्राम के ज़रिये सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ जी ओ वी खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं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

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के मौजूदा प्रारूप को स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में संशोधित करने का फैसला किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय ने पूरे दश में ड्राइविंग लाइसेंस का एक समान प्रारूप और डिजाइन तैयार किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एनआइसी ने इस बारे में सारथी एप्लिकेशन तैयार किया है इसके माध्यम से मंत्रालय के पास देश के सभी ड्राइविंग लाइसेंसधारकों के डाटाबेस उपलब्ध हैं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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए फिर कड़े निर्देश दिये हैं शासन द्वारा जारी निर्देशों में सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा सभी जनपदों में स्कूली छात्राओं की सुरक्षा के लिए बालिका सुरक्षा टीम बनायी जाये तथा यह अभियान पूरे जुलाई महीने चलाया जाये इस टीम में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेषज्ञ शामिल होंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि देश उन सभी महान लोगों को नमन करता है जिन्होंने आपातकाल का निडर होकर पूरी शक्ति से विरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि तानाशाही सोच देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से हार गई थी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपातकाल की घोषणा और उसके बाद की घटनाएं देश के इतिहास का काला अध्याय है

एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि आपातकाल के दौरान लाखों राष्ट्रवादियों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए यातनाएं झेलीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की आज संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा दौर में प्रेस को स्वतंत्रता ह तथा लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी है

उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों का लखनऊ में सम्मानित किया गया पार्टी के लखनऊ महानगर के महामंत्री पुष्कर शुक्ला ने बताया कि लखनऊ में निवास करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को आमंत्रित कर उनके साथ प्राने संस्मरण साझा किये गये तथा इस अवसर पर दो दर्जन से अधिक लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया कुशोनगर में लोकतंत्र रक्षक सेनानियों ने आपातकाल की चौवालीसवीं वर्षगांठ का काला दिवस के रूप में मनाया इस अवसर पर जनपद के कसया कस्बे में लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित किया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग विभाग की ओर से विभिन्न कार्यकमों के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से खास बातचीत में कहा कि खादी की ब्रांडिंग उसके उत्पादन और उसके जरिये रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है

इसके अलावा नये नये कार्यक्रम हम लोगों ने किये